लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिये अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया श्रू प्रत्याशी उन्तीस अप्रैल तक कर सकेंगे नामांकन

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दस संसदीय सीटों पर अब से थोड़ी देर पहले मतदान शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संमल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीमीत सीट शामिल है

आकाशवाणी समाचार के लिए बरेली से मैं मुल्तान सिंह यादव पीलीमीत लोकसभा सीट के लिए पन्द्रह सौ अड़तीस द्वथ बनाए गये हैं वहां मतदान निर्धारित समय से श्रू हो गया है लोग कतारबद्व होकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं

सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर कतारे लग गयी हैं

गर्मी को देखते हुए वहां के मतदाता सुबह ही मतदान करने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं

इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रत्याशी उन्तीस अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को की जायेगी दो मई तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं सातवें चरण में महराजगंज गोरखपुर क्शीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और रार्बट्सगंज लोकसभा सीट पर उन्नीस मई को मतदान होगा इस चरण में कुल दो करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें एक करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार दो सौ अटठ्हत्तर पुरूष और एक करोड़ छह लाख तेईस हजार छह सौ सैंतालीस महिला एवं एक हजार चार सौ सोलह थर्ड जेंडर मतदाता है वहीं अट्ठारह से उन्नीस साल के दो लाख उन्नीस हजार चार सौ तिहत्तर मतदाता है जबकि अस्सी वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या तीन लाख सतहत्तर हजार पांच सौ पन्द्रह है इस चरण में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र बनाये गये हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से केन्द्र में उनके नेतत्व में मजबूत सरकार के गठन के लिए वोट देने की अपील की है वे कल महाराष्ट्र के नंद्रवार में उम्मीदवारों के सम्थन में रैली को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि मजबूत सरकार होने पर निर्णय लेना आसान हो जाता है श्री मोदी ने कल शाम राजस्थान के उदयपुर में चुनाव रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्य मुद्दा होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल अमेठी और रायबरेली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने अमेठी में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में जान बूझकर कांग्रेस के विकास कार्यक्रम रोके कांग्रेस अध्यक्ष ने रायबरेली में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न्याय योजना के बहत्तर हजार रूपये पांच करोड़ महिलाओं के खाते में भेजे जायेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखीमपुर खीरी और धौरहरा से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया श्री यादव ने निघासन विधानसभा उप चुनाव के सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद कय्यूम के समर्थन में भी जनता से वोट की अपील की

लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है जो आज तक चलेगी चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि छबीस अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तारीख है मतदान बारह मई को होगा इस चरण की बस्ती लोकसभा सीट के लिये कल भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद हरीश ट्विवेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई मंत्री और पार्टी के नेता मौजूद थे श्री ट्विवेदी ने नामांकन से पूर्व एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस अवसरवादी दल हैं उनका अस्तित्व लोकसभा चुनाव के बाद समाप्त हो जायेगा

इसके साथ ही बस्ती संसदीय सीट से पूर्व मंत्री और बसपा नेता राम प्रसाद चौधरी ने भी सपा बसपा गठबंधन के तहत नामांकन किया श्री चौधरी ने नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपना किया कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है इलाहाबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर सीट से केशरी देवी पटेल ने भी कल नामांकन किया इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे भदोही सीट के लिये कल कांग्रेस के रमाकांत यादव और शिवसेना से प्रमोद कुमार सहित कुल नौ प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया जौनपुर और मछली शहर संसदीय सीट से कल दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया जौनपुर में अब तक कुल अट्ठारह और मछली शहर में कुल सात उम्मीदवारो ने नामांकन किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर के राफेल मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को अनुचित तरीके से पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया न्यायालय ने पिछले सोमवार को श्री गांधी को इस बारे में कल यानी बाईस अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था